प्रदेश के थानों में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर अब एक जून से एसपी ऑफिस में सीधे दर्ज हो सकेगी एफआईआर मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता नरेन्द्र मोदी आज अपने दूसरे कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह में बिम्सटेक और अन्य पड़ोसी देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है शपथग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिये बडे पैमाने पर तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि दी वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने को लिए सदैव अटल समाधि भी गए उन्होंने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की आकाशवाणी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रपिरिषद के शपथग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी शपथग्रहण समारोह से पहले एक विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित करेगा इसे शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकेगा

डॉ जोशी ने जन लेखा समिति में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया को सभापति मनोनीत किया है प्रदेश के थानों में एफ आई आर दर्ज नहीं किए जाने पर अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ आई आर दर्ज कराई जा सकेगी एक जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस व्यवस्था के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने के प्रत्येक मामले की जांच की जाए अगर मामला सही पाया जाता है तो संबंधित पुलिस कार्मिक पर विभागीय कार्रवाई की जाए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस निर्णय की प्रदेशभर में सख्ती से पालना की जाए राज्य में सभी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों की जांच करवाई जाएगी और वर्तमान में चल रही बंद हो गई और गड़बड़ी करने वाली क्रेडिट तथा थ्रिफ्ट सोसायटियों की जानकारी ली जायेगी अनियमितताएं पाये जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने कल शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी उन्होंने कांन्फ्रेंस के जरिये राज्य के सभी खण्डीय रजिस्ट्रारों उप रजिस्ट्रारों अरबन और क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया

अब आरएएस प्री का पहले वाला परिणाम बरकरार रहेगा इस आदेश के बाद आरपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेंडरी परीक्षा परिणाम अगले महीने जून के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परिणाम जारी करने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

मुस्लिम समुदाय के आस्था और ख्रशियों वाले त्यौहार ईद्लफितर की नमाज के लिये अजमेर स्थित दरगाह कमेटी ने कल नमाज का कार्यक्रम जारी कर दिया चांद पांच या छह जून को दिखाई देगा उसके अनुसार अजमेर सहित पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार मनाया जायेगा

भरतप्र के बयाना उच्चैन मार्ग पर कुंडेर मार्ग के पास तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने मोटरसाईकिल को टेक्कर मार दी

घायलों को उच्चैन और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जालौर जिले के ध्रम्बडीया गांव में कल एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई मुतक पोस्टमैन का काम करता था हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है

आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट का पहला मैच आज लंदन में ओवल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा

भारत अपना पहला मैच पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भिड़ंत सोलह जून को मैनचैस्टर में होगी प्रदेश में चल रहे नौतपा में इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड ट्ट रहे है

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रचण्ड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है